उन्होंने ये भी कहा कि सिंचाई योजनाओं के माध्यम से फसलों में विविधता लाने और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसानों की आय में वृद्धि की जा सके महेन्द्र सिंह ठाकुर आज बैजनाथ विधानस्भा क्षेत्र के मझैरना में उठाउ सिंचाई योजना के संवर्धन कार्य का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने इस मौके पर लोगों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतने की भी अपील की वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज और कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा दे रही है जायका परियोजना इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निमा रही है वीरेन्द्र कंवर ने ऊना में कहा कि जायका परियोजना ने फसलों के विविधिकरण और गैर मौसमी सब्जियों के उत्पादन के अलावा किसानों को प्रशिक्षित करने में मदद की है इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं उन्होंने कहा कि परियोजना का दूसरा चरण लागू होने के बाद प्रदेश में किसानों को दलहन और तिलहन की खेती की ओर ले जाने का प्रयास किया जाएगा तांकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके उन्होंने किसानों से जायका परियोजना के अलावा प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ उठाकर और नकदी फसलें उगाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की अपील की शिंकुला सुरंग लेह लद्दाख को साल भर सड़क सम्पर्क से जोड़े रखने के उद्देश्य से शिंकुला दर्रे के नीचे सुरंग बनाने के लिए सर्वेक्षण कार्य आरम्म हो गया है इस सुरंग के निर्माण के लिए जियो फिजिकल सर्वे किया जा रहा है इस सर्वेक्षण में एयरबॉर्न इलैक्ट्रो मैग्नेटिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है

सुरंग को लेकर आज चिनुक हैलीकॉप्टर से ट्रायल सर्वे किया गया तथा अगले दो दिन में हवाई सर्वेक्षण को पूरा कर लिया जाएगा इस सुरंग के बन जाने से लेह लद्दाख क्षेत्र में सीमाओं की सुरक्षा और सुदृढ़ होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वकांक्षी भारतमाला परियोजना की कड़ी में भी ये सुरंग मील का पत्थर साबित होगी राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि यदि अटल टनल रोहतांग की शिलान्यास पट्टिका को निश्चित समयावधि के भीतर प्रनःस्थापित नहीं किया गया तो कांग्रेस आन्दोलन करेगी राठौर आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने भाजपा पर अटल टनल रोहतांग को लेकर राजनीति करने का आरोप भी लगाया राठौर ने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के दौर में लोगों को राहत देने के बजाए उन पर महंगाई की मार थोप रही है राठौर ने प्रदेश में सीमेंट कम्पनियों की मनमानी पर भी हैरानी जताई और कहा कि सरकार इस पर लगाम लगाने में विफल रही है उन्होंने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और कहा कि सरकार कोरोना प्रोटोकॉल का सही ढंग से पालन करे मुख्य सचिव मुख्य संचिव अनिल खाची ने कहा है कि औद्योगिक आपदाओं को न केवल पूरी तरह से रोका जा सकता है बल्कि उचित पूर्व तैयारी के द्वारा जानमाल के नुकसाान को मी न्यूनतम किया जा सकता है मुख्य सचिव आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों में रसायन आपदा संबंधी उपायों के लिए टेबल टॉप अभ्यास के मौके पर बोल रहे थे